प्रतापगढ़ जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में छः बच्चों सहित चौदह लोगों की मौत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास के लाभ समाजके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्षम है कल बेंगलुरू टेक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाया जाए प्रधानमंत्रीने कहा है कि भारत इस अनूठी स्थिति में है कि वह सूचना के इस युग में विश्व के देशों से आगे निकल सकता है प्रधानमंत्री ने आईटी नवोन्मेष और अन्य प्रौद्योगिकी उद्योगों को उदारवादी नीति का आश्वासन दिया प्रधानमंत्री ने युवा प्रतिभाओं से डेटा और आईटी आधारित उत्पादों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा समाधान निकालने का आह्वान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग और सबसे बड़ा बाजार है और भारतीय प्रौद्योगिकी की विश्व में पैठ बनाने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों के वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के कुछ उदाहरणों का जिक्र किया यूपीआई प्लेटफॉर्म की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे हर कोई डिजिटल भुगतान कर सकता है और पिछले महीने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दो अरब रूपये का वित्तीय लेनदेन हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और लग्जमबर्ग के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की व्यापक संमावनाएं हैं श्री मोदी ने कल भारत लग्जमबर्ग वर्च्अल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस्पात वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल डोमेन जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों देश बेहतर सहयोग कर रहे हैं लेकिन इन क्षेत्रों में सहयोग की और संभावनाएं हैं भारत लक्समबर्ग पार्टनरशिपदोनों देशों के साथ साथ दोनों क्षेत्रों की रिकवरी के लिए उपयोगी हो सकतीहै डेमोक्रसी रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम जैसे साझा आदर्श हमारे संबंधों और आपसी सहयोग कोमजबूती देते हैं भारत और तक्समबर्ग के बीच आर्थिक आदान प्रदान बढ़ानेका बहुत पोटेन्शल है स्टील फाइनेशल टेक्नॉलोजी डिजिटल डॉमेन जैसे क्षेत्रोमें हमारे बीच अभी भी अच्छा सहयोग है किंतु इसेऔर आगे ले जाने की अपार संभावनाएं हैं श्री मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल की कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में क्शल नेतृत्व की सराहना की उन्होंने कहा कि पिछले दो दशक में भारत और लग्जमबर्ग के बीच यह पहली बैठक है लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अंतरिक्ष और वित्तीय क्षेत्र में समझौतों का स्वागत किया उन्होंने कहा कि उनके देश ने वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थाई सदस्य के रूप में चुने जाने का समर्थन और स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आतंकवाद की चुनौती का उल्लेख किया और इसके सभी प्रारूपों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लग्जमबर्ग के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा का स्वागत किया

उन्होंने कहा है कि संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्था को पूरी संक्रियता से संचालित किया जाये

मुख्यमंत्री ने कांटेक्ट ट्रैसिंग की व्यवस्था को प्रमावी बनाये रखने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने में मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है ऐसे में टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से किया जाये प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के दो हजार पांच सौ छियासी नये मामले सामने आये हैं इस समय राज्य में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या बाईस हजार सात सौ सत्तावन है

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि कई राज्यों और स्थानों पर कोरोना के मामलों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है ऐसे में बेहद सतर्कता की आवश्यकता है

पिछले छत्तीस घंटों के दौरान अड़तालिस हजार चार सौ तिरान्नबे मरीज स्वस्थ हुए हैं

भारतीय उदयोग परिसंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को वर्चअल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना योद्वाओं के बाद यह टीका पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जायेगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक इस टीके की चालिस से पचास करोड़ ख्राकें उपलब्ध होंगी जो श्रूआती दौर में तीस से पैंतीस करोड लोगों को दी जा सकेंगी प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र में बीती रात बारात से लौट रही एक बोलेरो और ट्रक की टक्कर में छः बच्चों सहित चौदह की मौत हो गयी यह दुर्घटना मानिकपुर कोतवाली के देशराज इनारा के पास उस समय हुई जब एक ही गांव के चौदह लोग बोलेरो में सवार होकर नवाबगंज थाना क्षेत्र से कुण्डा वापस लौट रहे थे घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी रात में ही मौके पर पहुंच गये प्रदेश में छठ महापर्व श्रद्वा और उत्साह से मनाया जा रहा है आज व्रती लोगों द्वारा अस्तांचल भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जायेगा और कल यानी शनिवार सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ यह पर्व सम्पन्न होगा प्रदेश सरकार ने नदियों और तलाबों के किनारे छठ पूजा के आयोजन के दौरान कोरोना से बचाव संबंधी नियमों के कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीटवेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना में सत्ताईस लाख तैंतीस हजार से ज्यादा आवेदन पत्र मिले हैं

कुल चौदह लाख चौंतीस हजार से ज्यादा आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई और करीब सात लाख अट्ठासी हजार लोगों को कर्ज बांटे गये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौट गये रेहडी पटरी वाले इस कर्ज के पात्र है योजना में कर्ज के प्रावधान बेहद आसान है इसके लिये किसी भी सेवा केन्द्र नगर निगम कार्यालय या बैंक में आवेदन किया जा सकता है इसके बाद लोगों के घरों पर बैंक खुद पहुंच रहे हैं ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिये कल से विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है ताज नगरी आगरा में सप्ताह के पहले दिन कल ताजमहल सिकन्दरा लालकिला और फतेहपुर सीकरी सहित समी ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटकों को निशुल्क प्रवेश दिया गया इस दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये सात दिनों तक विश्व धरोहर सप्ताह के अन्तर्गत ताजमहल में लगाई गई प्रदर्शनी का सीआईएसएफ के कमांडेंड राहुल यादव ने फीता काट कर शुभारम्म किया